केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि बिजली से चलने वाहन देश का भविष्य है करनाल के पूर्व सांसद अश्विनी चोपड़ा का आज ग्रूग्राम के अस्पताल में निधन हो गया हरियाणा के म्ख्यमंत्री ने महिलाओं की स्रक्षा के प्रति लोगों को संवदेनशील बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाने और इसे जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिये

देशभर के विद्यार्थीछात्र शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की उत्स्कता से प्रतीक्षा कर रहे है ये कार्यक्रम परसो नई दिल्ली में आयोजित किया जायेगा

श्री मोदी प्रश्नों का उत्तर देंगो और चुनिंदा विदयार्थियों के साथ परीक्षज्ञा के तनाव से निपटने के बारे में चर्चा करेंगे दो वर्ष पहले परीक्षा पे चर्चा का पहली कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमे पहे से हालिस उपलब्धि के मुकाबले और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए

ये सभी विदयार्थी प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करेंग संवाद कार्यक्रम के लिए चूने गये पंचकुला के हंसराज पब्कि स्कूल के छात्र अक्षित ने बताया कि वह प्रधानमंत्री से कुछ भारतीय परीक्षाओं को विदेशों में मान्यता क्यों नहीं जातीइस बारे में प्रश्न प्रछेगा सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भविष्य में देश में बिजली चलित वाहनों का प्रयोग किया जायेगा क्योंकि ऐसे वाहन पर्यावरण के अनुकूल है और इनसे कार्बन गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है

उन्होंने कहा कि सरकार एलईडी बल्ब के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है क्योकि इनसे बिजली की काफी बचत होती है श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार हर घर तक बिजली पहंचाकर लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्व है जन नायक जनता पार्टी के प्रम्ख और प्रदेश के उप म्ख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला आज रात दिलली विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने दृष्यंत चौटाला में होने वाले चूनाव के मद्देनज़र फोन भी किया था दृष्यंत चौंटाला ने आज ग्रूग्राम में कहा कि अंतिम फैसला कोर कमेटी की बैठक के बाद ही होगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सांझा न्यूनतम कायर्क्रम पर काम कर रही है डेरा प्रम्ख राम रहीम पर प्रबंधक रंजीत हत्या कामले में सीबीआई की तर फ से बहस पूरी कर ली गई है और अगली सुनवाई में बचाव पक्ष द्वारा इस मामले की अंतिम बहस शुरू हो जायेगी आज की सुनवाई में राम रहीम वीडियो कांफ्रेसिग के माध्यम से पेश हआ मामले की अगली स्नवाई एक फरवरी हो होगी

करनाल के पर्व सांसद एवं एक अखबार के प्रधान सम्पादक अश्विनी चोपड़ा को आज निधन हो गया

वे पिछले काफी समय से ग्रूग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के पूर्व सांसद और समाचार पत्र के सम्पादक अश्चिनी क्मार के निधन पर गहरा द्ख और शोक व्यक्त किया है एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं की स्रक्षा के प्रति लोगों को संवदेनशील बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाने और इसे एक जन आंदोलन बनाने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिये है

चंडीगढ़ में एक बैठक की अध्यक्षता करते हये म्ख्यमंत्री ने विभागों को क्रियान्वयन की बरीकी से निगरानी के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की एक भी घटना खतरनाक है औ इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी समाज में जागरूकता उत्पन करने के लिए आगे आना चाहिए म्ख्यमंत्री ने प्लिस विभाग की राज्य के स्कूलों और कालेजों में एक अभियान श्रू करने के निर्देश भी दिये ताकि लड़कियों को द्र्गा शक्ति एप्प डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जा सके

श्री विज ने बताया कि इन सभी होमगार्ड को सभी जिलों के स्वास्थ्य केन्द्रों मे लगाया जायेगा